आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की सभी कमेटियों की बैठक आज भाजपा की भी विभिन्न बैठकों का दौर जारी

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने अभियंताओं और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नई तकनीक का उपयोग देश के प्रत्येक नागरिक विशेषकर आम लोगों किसानों और महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने में किया जाए

उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए श्री नायडू ने शिक्षा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सही समय पर प्रामाणिक सूचना सरकारी सेवाओं और ई प्रशासन पहल तक पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा है कि राजस्थान सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर गलत प्रचार रोकने के लिए आयोग ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की निगरानी में एक टीम का गठन किया है कल आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस टीम ने फेसबुक और ट्विटर सहित सभी बड़े सोशल मीडिया समूह के अधिकारियों को बुलाकर इस संबंध में बातचीत की है इन लोगों ने आयोग को भरोसा दिलाया है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर कृछ भी गलत नहीं जाये श्री रावत ने कहा कि सभी वोटिंग मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनके साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती चुनाव में मंतदान पुष्टि पर्ची वीवी पैट मशीनें भी इस्तेमाल की जाएंगी उन्होंने कहा कि आयोग ने जाली मतदान की समस्या दूर करने और मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित बनाने के पुख्ता उपाय किए हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि आदर्श मतदान केंद्र पर स्वागत द्वार पुरूष और महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था दिव्यांगजन के लिए रेप और व्हील चेयर तथा बुजुर्गो को बैठने के लिए कुर्सी और पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं की जाएगी

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर घोषित सभी कमेटियों की बैठक आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित की जा रही है प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन डॉ अर्चना शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पार्टी के प्रमुख नेता भाग ले रहे है बैठक में जाने से पहले मीडिया से बातचीत में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने कहा कि इन विधानसभा चुनावों में अब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा हैं उन्होंने कहा कि जनता सब समझती और जानती हैं बैठक में भाग लेने आये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिताऊ और अच्छी छवि के प्रत्याशी को ही टिकट दिया जायेगा उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं तथा जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाकर प्रचार किया जायेगा उन्होंने कहा कि टिकट वितरण प्रक्रिया चालू हैं और समिति की बैठक में चुनाव रणनीति पर चर्चा होगी

उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी चुनावों की तैयारियों को लेकर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज पाली में मौजूद है हमारे संवाददाता ने बताया कि वे क्छ दिनों तक यहां रहकर विधायकों और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेगी

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने कहा है कि जयपुर में जीका वायरस से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत लोगों में जागरूकता भी लाई जा रही है इसके तहत विभिन्न स्थानों पर पम्पलेट बंटवाए गए है खासतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर एलईडी वैन के जरिए जीका वायरस के बारे में जानकारी दी जा रही है आज आकाशवाणी पर लाइव फोन इन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि प्रिन्ट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है

बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में बढोतरी हो सके इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए टिवटर एकाउंट शुरू करने के आदेश दिए गए हैं